उधर सतना जिले में कोरोना वैक्सीन लगने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा बेस तैयार किया जाने लगा है इस काम को इस महीने पूरा कर लिया जाएगा

आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा की

आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भ्गतान को बढ़ावा देना है इससे पहले आरटीजीएस सेवा दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में स्बह सात बजे से शाम छह बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी मौसम अरब सागर से लगातार नमी के आने के कारण प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी इलाके में दिनभर कोहरा और हल्की बारिश हो रही है राजधानी भोपाल में भी स्बह से रुकरुक कर बारिश का दौर जारी है उधर सतना जिले में आज मौसम का मिजाज बदला हआ है आसमान में बादल छाए हए हैं और ठंड भी बढ़ रही है

मृतक छत्तरप्र से सागर की तरफ आ रहे थे

नमस्कार